केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना के चलते अपने यहां लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करें सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बहुत से लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे निर्देशों का गंभीरता से पालन करें ताकि वे स्वयं और उनके परिजन सुरक्षित रहें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है और कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ऐसा करना सुरक्षित है एक दवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह समय भीड़ से बचने का है और डिजिटल भूगतान इसमें मददगार है वित्त मंत्रालय और बैंकों ने भी लोगों से ई पेमेंट सुविधाओं का इस्तेमाल करने की ैअपील की है वित्तीय सेवाओं के सचिव देबाशीष पंडा ने कहा है कि डिजिटल भूगतान सुरक्षित हैं कई बैंकों ने डिजिटल लेन देन पर शुल्क माफ किए हैं

इनमें से तेइस लोगों को ईलाज के बाद छुट्टी दे दी गई सात लोगों की मृत्यु हुई है

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ऐसे किफायती मॉस्क की खोज कर रहा है जो हवा से वायरस को पकड़ने सांस लेने से निकलने वाली छोटी ब्रंदों को सोखने और किफायती तरीके से तापमान की जांच करने में कारगर हो श्री शर्मा ने बताया है कि उनका विभाग जैव और सूचना प्रणाली और निगरानी त्वरित और सटीक और निदान किट तथा कम कीमत और वजन वाले ऑक्सीजन उपकरणो और वेंटिलेंटरो की तलाश भी कर रहा है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

राज्य के बाहर फंसे लोगों की मदद के लिए उन राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार उन तक हर मदद पहुँचाने का कार्य करेगी श्री सोरेन ने कहा कि हर दिन शाम को वे राज्य की जनता के समक्ष जानकारी साझा करेंगे ताकि उन्हें सही सूचना मिल सके उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने खूद सजग और आसपास के लोगों को भी सही जानकारी देने की अपील की है

जबकि राज्यस्तरीय कोरोना वार रूम इस आपदा से निपटने के लिए चौबीसों घण्टे काम करेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तीन सौ पचास से अधिक खिचड़ी केंद्रों का संचालन होगा ताकि सभी जरूरतमंदों को भोजन मिल सके जिले में सैनीटाइजर मास्क स्वंय सहायता समूह द्वारा बनाने के निर्देश दिए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के बीच सही सूचना पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जाएगा असंगठित मजदूरों कामगारों के लिए सहायता राशि जारी की जाएगी पीडीएस के लाभुकों को दो महीने का खाद्यान्न एक साथ मुहैया कराया जाएगा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर गिरिडीह जिले में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं

लोगों को अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकलने से रोकने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखने के लिए टीम गठित की गयी है

कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को आगे संचालित करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो न्ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम सहित कई अन्य सदस्य शामिल हुए बैठक के दौरान बजट सत्र के दौरान विभागों के बजट को गिलोटिन कर सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई इसके पूर्व प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही स्थगित कर दी गई विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर आज पूरे देश में संकट की स्थिति है कोरोना वायरस को संक्रमण की रोक थाम करने के लिए सरकार की ओर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है ग्यारह बजे सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने झारखंड और पूरे देश में उत्पन्न आपातकाल की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है

कई मजदूर झारखंड लौटने के बावजूद अपने घर नहीं लौट पाए हैं

इसके बाद झारखंड विधानसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई संक्षिप्त खबरें कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए भारतीय बैंक संघ ने लोगों से करेंसी नोट छूने या गिनने के बाद तुरंत हाथ घोने की अपील की है खेल मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई केंद्रों का उपयोग संक्रभित रोगियों के लिये पृथक केंद्रों के रूप में किया जाएगा

एक महिला और उसके दो बच्चों की धर में ही हत्या कर दी गई है बच्चों के पिता पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है